सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सड़क यातायात अपराधों में मोटर वाहन अधिनियमों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही मुकदमा चलाया जा सकता है शीर्ष न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के दोषियों पर केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग चलाने का गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मोटर वाहन दुर्घटना के दोषियों की सजा मोटर वाहन अधिनियम की तुलना में अधिक सख्त है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अदालतों से सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप मिलनी चाहिये और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी ठोस असर पडना चाहिये भारत बांगलादेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये संयुक्त रूप से तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनमें बांग्लादेश से एलपीजी के आयात से संबंधित परियोजना भी शामिल है दो अन्य परियोजनाए है ढाका में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद भवन का निर्माण और बांग्लादेश भारत पेशेवर कौशल विकास संस्थान की स्थापना दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आज हुई वार्ता के बाद शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सात ज्ञापन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एलपीजी और कौशल विकास संस्थान जैसी परियोजनाओं से आम आदमी को लाभ मिलेगा वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी संयुक्त सहयोग की ऐसी ओर परियोजनाओं का उदघाटन किया जाएगा पटवारी हड़ताल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से चल रही पटवारियों की हडताल आज राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के साथ हुई वार्ता के बाद वापस ले ली गई उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की पटवारियों पर की गयी टिप्पणी से प्रदेश भर के पटवारी नाराज थे जिसके चलते वे तीन अक्टूबर को हड़ताल पर चले गये थे पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि राजस्व मंत्री के आश्वासन पर हडताल वापस ली है बघेल ने बताया कि वेतनमान विसंगतियों को लेकर भी उनकी जो मांग थी जिसे राजस्व मंत्री ने मान लिया है हालांकि हड़ताल वापस लेने को लेकर असमंजस की स्थिति अमी भी बनी हुई है खबर है कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के पूर्व में दिये एक बयान पर खेद नहीं जताने की स्थिति में पटवारी संघ ने फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है वैसे इसकी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है

ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर पांच फीसदी वैट बढा दिया है जिसे वापस लिये जाने की मांग को लेकर हड़ताल जारी है हड़ताल में टैकर और डंपर मालिकों के समर्थन दिये जाने का दावा किया गया है जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये चौबीसों घंटे काम कर रही है लखनऊ में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षो के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गयी है जिससे उद्योग जगत को काफी मदद मिलेगी

सडक हादसा प्रदेश के सिवनी जिले के सिवनी जबलपुर मार्ग पर आज सुबह एक कार के ट्रक से टकरा जाने के चलते कार सवार चार लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को महाराष्ट्र के नागपुर ले जाया गया है पुलिस सूत्रों के अनुसार सिवनी से जबलपुर की ओर जा रही कार छपारा लखनादौन के बीच घुनई घाटी पर सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गयी कार में सात लोग सवार थे जो जबलपुर जाने के लिये निकले थे

घायलों में दो को गंभीर हालत में ग्वालियर ले जाया गया है

इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किये जा रहे है भोपाल के समीप कंकाली माता मंदिर में दर्शन करने के लिये आज हजारों की संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं यहां दर्शन के लिये देर रात तक भक्तों की भीड़ रहने की संभावना है वहीं विदिशा जिले में देवी दर्शन के लिये आकर्षक झांकियां सजायी गयी है और पंडालों में सामाजिक सरोकार से जुड़े दृश्य लगाये गये हैं इनमें बेटी बचाओ बेटी पढाओ कन्या भ्रण हत्या रोकने बाल विवाह रोकने और पर्यावरण संरक्षण सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे दृश्य और संदेश आम जन मानस को सामाजिक सरोकारों से जोड़ रहे है प्रदेश के शिवपुरी जिले में महाअष्ठमी पर मंदिरों में पूजा अर्चना का कम जारी है शहर के राजराजेश्वरी मंदिर कैलामाता मंदिर और काली माता मंदिर पर भक्तों की भारी भीड बनी हुई है उधर आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां महागौरी के रूप में कुलदेवी की पूजा अर्चना पूरी श्रद्वा और आस्था के साथ की जा रही है जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी मंदिर में भी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु और भक्तजन दर्शन लाभ ले रहे है आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चुनरी यात्राओं का भी आयोजन हो रहा है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

इस योजना में एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेन्शन की सुविधा मिलेगी यह योजना भू धारक लघु और सीमांत किसानों के लिये प्रारंभ की गयी है

ये चैकिंग विधानसभा उपचुनाव के चलते की गयी थी